भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधार निर्माता नदंन नीलकणी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने डिजीटल भ्गतान को प्रोत्साहन देने बारे की सिफारिशें बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास को सौंपी ब्द्व पूर्णिमा आज देश में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है जगाधरी में बौद्व अन्यायियों ने जगाधरी के बौदव स्त्रप चनेटी की परिकर्मा की

पोलिंग टीमें अपने अपने गणतव्य पर पहंच गई है पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा एस करूणा राजू ने बताया कि च्नाव निष्पक्ष भय रहित और शांतिपूर्ण पंग से सम्मन्न कराने के लिये सवा लाख कर्मचारियों और एक लाख से ज्यादा प्लिस कर्मियों सहित स्रक्षा बल तैनात किये गये है

उन्होंने बताया कि किसी भी मशीन में खराबी आने की स्थिति से निपटने के लिये अतिरिक्त ईवीएम मशीनों का प्रबंध किया गया है

इन मतदान केन्द्रो पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये है

पंजाब के पड़ोसी राज्यों से लगत सीमाओं को सील कर दिया गया है प्लिस की ओर से अवैध शराब मादक पदार्थो और नकदी की आवाजाही रोकने के लिये गाडियों की विशेष जाचं की जा रही है केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की इकलौती लोकसभा सीट पर मतदान प्रक्रिया को शांतमयी ांग से सम्पन्न कराने के लिये तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन ने बताया कि इस बूथ पर प्न मतदान के पर्याप्त् प्रबंध किये गये है पोलिंग पार्टी वहां पहुंच गई है और स्रक्षा बल भी तैनात कर दिये गये है ताकि फिर से ब्थ कैपचरिंग का कोई प्रयास न कर सके

इस वर्ष जनवरी में वृद्वि के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजीटल भ्गतान के लिये सिफारिशें देने हेत् पांच सदसयीय कमेटी गठित की थी ताकि डिजीटाईजेंशन दवारा वित्तीय समावेश और डिजीटल भ्गतान को और बढ़ाया जा सके

ब्द्व पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा ब्ददव के अहिंसा शांति करूणा और मानवता की सेवा के लिये उपदेशों ने मानव इतिहास और सभ्यताओं पर अमित छाप छोड़ी है उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड़ू ने अपने संदेश में कहा है कि अगवान बुदव महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे और उनका अहिंसा एवं करूणा का शास्वत संदेश विश्व के लोगों को प्रेरित करता है एक टिवीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सत्य शांति और प्रेम के लिये जाने जाते ब्दव हमेशा लोगों को प्रेरित करेंगे हरियाणा में भी आज बदव पूर्णिमा का पर्व श्रदवा के साथ मनाया जा रहा है हमारे संवादाता ने बताया है कि बौदव अन्यायियों ने जगाधरी के प्राचीन बौदव स्तूप चनेटी पर पहुंचकर परिक्रमा की और सौहार्द की मंगल कामना की इस अवसर पर बौदव संतो ने भी प्रवचन किया चनेटी के अलावा टोपरा कलां स्थित ऐतिहासिक स्थल पर भी श्रद्वाल् पहंचे अम्बाला में आज ग्रू हरगोबिंद साहिब सेवा सोसायटी द्वारा भाई कन्हैया सिंह जी चेरीटेबल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी इंजीनियर बलबीर ने उपस्थित लोगों को रक्तदान करने के लिये प्रेरित किया

मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी

पंचक्ला के उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा बलकार सिंह ने बताया कि अम्बाला आरक्षित लोकसभा क्षेत्र के लिये जिला पंचकला में कालका क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिये व्यापक प्रबंध किये गये है

पांचों विधानसभाओं क्षेत्रो में मतों की गणना चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय मे बनाये अलग अलग मतगणना केन्द्रों पर की जायेगी

मतगणना के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मतगणाना एजेंट भी उपस्थित रहेंगे और इसके लिये सहायक रिटार्निंग अधिकारी से प्रवेश पास बनवाने होंगे उन्होंने बतायािक कोई भी सांसद विधायक जिला परिषद व ब्लॉक समिति अध्यक्ष या ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार की ओर से स्रक्षा प्रदान की गई है वें मतदान एजेंट नहीं बन सकते मतगणना के दौरान सभी मतदान केनद्रो के बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे